केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत देश में अब तक चार करोड़ घरों को मिली पेयजल सुविधा मंडी नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा व कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र प्रचार अभियान हआ तेज़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

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

जयराम ठाक्र ने बताया कि राज्य आबकारी व काराधान विभाग ने राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए प्रमुख केंद्र क्षेत्रों की पहचान की है टीकाकरण केन्द्र केन्द्र सरकार ने सरकारी और निजी दोनों कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीके लगवा सकें

पहले स्वास्थय कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कार्यकर्ताओं को यह टीका लगाया गया बाद में साठ वर्ष से अधिक आय के सभी व्यक्तियों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई

अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत देश में अब तक चार करोड़ घरों तक पेयजल पहंचाया गया है

रेडकॉस प्रदेश रेडकॉस सोसायटी की उपाध्यक्ष साधना ठाक्र ने अधिक से अधिक लोगों से रेडकॉस से जुड़ने और इच्छा अनुसार आर्थिक अंशदान का आग्रह किया है कल्लू जिले के बंजार में आज निश्ल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर में उन्होंने कहा कि रेडकॉस पीडि़त मानवता और जरूरतमंदों की भलाई के लिए कार्य कर रही है उन्होंने अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए लोगों से रक्तदान शिविरों में बढ़चढ़ कर भाग लेने का भी आग्रह किया

इस हादसे में करीब एक दर्जन परिवार प्रभावित हए हैं और करोडों रूपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को जल्द राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी

उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में कोविड के मामले फिर से बढ़ना शुरू हुए हैं जो चिंता का विषय है उन्होंने कहा कि घाटी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड नियमों का विशेष रूप से पालन करने की जरूरत हैं घोषणा पत्र मंडी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है भाजपा के घोषणा पत्र को आज मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जारी किया इस घोषणा पत्र में शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने की बात कही गई है इसके अलावा आधुनिक बायो डस्टबीन वर्षा जल संग्रहण पर्यटन सहायता केंद्र पार्क व सीवरेज व्यवस्था में सुधार सहित कई अन्य घोषणाएं की गई हैं

घोषणा पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम से बाहर करने पार्किंग आधुनिक पुस्तकाल्य ऑडीटोरियम पार्क सहित स्वरोजगार की दिशा में प्रयास करने पर जोर दिया है भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज नगर निगम मंडी में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी विकास नहीं करती और केवल विकास के नाम पर राजनीति करती है उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है जबकि भाजपा कार्यकाल में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है निधन भाजपा नेता व पूर्व मंत्री मोहन लाल का आज जालंधर के एक अस्पताल में निधन हो गया वे चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र से संबंधित थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने मोहन लाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है उनका अंतिम संस्कार कल राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा गुड फ्राइडे आज गुड फ्राइडे है इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था इसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समुद्धि की कामना करते हैं इस अवसर प्रदेश के गिरिजाघरों में आज विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया चंबा स्थित चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में भी इसाई समुदाय के लोगों ने ईसा मसीह के समाज के लिए दिए गए योगदान को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

इसी तरह चंबा और कांगड़ा में चार चार मंडी में तीन सोलन में दो जबकि किन्नौर में एक नया मामला सामने आया है

इस बीच देश में प्रतिदिन कोविड के नये मामले और मृतकों की संख्या बढ़ रही है